ये दिन रेडियो के महत्व के बारे में आम जनता को जागरूक करने के लिए मनाया जाता है

इस अवसर पर प्रसार भारती के मुख्य कार्यकारी अधिकारी शशिशेखर वेम्पत्ति ने कहा है कि लोगों के जीवन में रेडियो ने एक खास जगह बनाई है और आज भी देश के कई भागों में रेडियो ही सूचना का मुख्य माध्यम है देश के आम लोगों में आकाशवाणी की खासी विश्वसनीयता है

विश्व रेडियो दिवस के अवसर पर आज सुबह साढे दस बजे राजस्थान रिथत आकाशवाणी के सभी केन्द्रों से एक विशेष कार्यकम ये रेडियो है मेरी जान का प्रसारण किया जायेगा

इस अभियान का उद्देश्य लोगों को देश की बहुरंगी संस्कृति से परिचित कराना है इसी उददेश्य से सरकार ने राज्यों के जोडे बनाये है जो एक दसरे की संस्कृति का आदान प्रदान विभिन्न कार्यक्रमों के माध्यम से कर रहे है राजस्थान के साथ उत्तर पूर्वी राज्य असम को जोडीदार बनाया गया है दोनों ही राज्यों में विभिन्न आयोजनों के माध्यम से एक दूसरे के विभिन्न पहलुओं के बारे में जानकारी रौचक तरीके से साझा की जा रही है

श्री मोदी ने लोगों से इस कार्यक्रम के लिए अपने विचार भेजने को कहा है

एमडीएस विश्वविद्यालय के कुलपति प्रो आरपी सिंह ने बताया कि इस पार्क में संविधान की प्रस्तावना और मूल कर्तव्यों की पट्टिकाएं लगाई जाएगी उन्होंने कहा कि पार्क में महाविद्यालय और स्कूल के विद्यार्थियों का निशुल्क प्रवेश रहेगा ताकि उन्हें अपने अधिकारों के साथ कर्तव्य बोध का भी आभास रहे

बाड़मेर जिले के गुड़ामालानी थाना क्षेत्र में कल देर शाम एक ट्रक ट्रेलर की चपेट में आने से दो छात्रों की मौत हो गयी जबर्कि तीन अन्य छात्र घायल हो गए बांसवाडा में दो अलग अलग हादसों में दो लोगों की मौत हो गई पहला हादसा पाडी डूंगरी सड़क मार्ग पर जीप और मोटरसाईकिल की टक्कर से हुआ जिसमें मोटरसाईकिल सवार युवक की मौत हो गई और दूसरे हादसे में भीमपुरा सड़क मार्ग पर एक कार अनियंत्रित होकर पेड र्स टकरा गई जिसमें एक महिला की मौत हो गई करौली में भी दो अलग अलग सड़क दुर्घटनाओं में दो महिलाओं की मौत हो गई वहीं टोंक के निवाई में झिलाय भोजपुरिया के पास डम्पर की चपेट में आने से पिता पुत्र की मृत्यु हो गई

अजमेर क्षेत्र में इस बार राजस्थान और गुजरात के करीब दो लाख पांच हजार विद्यार्थी परीक्षा देंगे